आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज

और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी

छठे और सातवें चरण के लिये सभी सोलह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार तेज हो गया है एनडीए और महागठबंधन के अलावा विभिन्न दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में गोरियाकोठी में चुनावी सभा को संबोधित किया श्री कुमार ने आरोप लगाया कि लालू राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में विकास की गति ठप्प हो गयी थी उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद आधारभूत संरचना शिक्षा बिजली और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हुए हैं जदयू अध्यक्ष ने सीवान में पार्टी प्रत्याशी कविता सिंह और गोपालगंज में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के पक्ष में भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने मोतिहारी में पार्टी उम्मीदवार और केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह और बेतिया में पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी संजय जायसवाल के समर्थन में रोड शो किया इधर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में एक एक दिन में कई कई सभाओं में भाग ले रहे हैं श्री यादव ने आज गोपालगंज में महागठबंधन उम्मीदवार सुरेन्द्र राम के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में एनडीए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने गरीबों और किसानों के लिये सिर्फ वायदे किये धरातल पर क्छ भी नहीं उतर सका श्री यादव ने मसौढ़ी में पाटलिपूत्र लोकसभा सीट से राजद उम्मीदवार मीसा भारती के समर्थन में भी चुनावी रैली को संबोधित किया पटना साहिब से भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने दीघा में आयोजित एक बैठक में एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम पर लहर चल रही है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के मसौढ़ी में एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने रोड शो कर अपने पक्ष में समर्थन की अपील की पटना साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी शत्र्घ्न सिन्हा ने संसदीय क्षेत्र के कई हिस्सों में रोड शो कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने वाल्मीकिनगर के भितहा में कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत केदार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया जदयू नेता नीरज कुमार ने जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के समर्थन में अरवल में कई स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया राजद नेता तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद से निर्दलीय प्रत्याशी चंद्र प्रकाश के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार साधु यादव के पक्ष में रोड शो किया केन्द्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी आरके सिंह आरा में और अश्विनी कुमार चौबे बक्सर में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिये लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं वैशाली से राजद प्रत्याशी और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह बक्सर से जगदानंद सिंह और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष तथा कांग्रेस प्रत्याशी मीरा कुमार सासाराम संसदीय क्षेत्र में लगातार चुनावी सभाएं कर रही हैं आरा और सीवान से वामपंथी दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में भी कई वरिष्ठ नेता कैंप कर प्रचार कर रहे हैं भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य कल और परसों आरा से पार्टी प्रत्याशी राजू यादव के समर्थन में विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार करेंगे मुजफ्फरपुर स्थित एक निजी विवाह भवन से ईवीएम बरामद होने के मामले में जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने सेक्टर ग्यारह के दंडाधिकारी को निलंबित कर दिया है जिलाधिकारी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिये सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है कल आयोग ने उनसे स्पष्टीकरण की मांग की थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गयी है इसी मामले में कल चार पुलिस कर्मियों को भी निलंबित किया गया था कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रफाल विमान सौदे पर अपनी टिप्पणी के लिए उच्चतम न्यायालय का गलत ढंग से हवाला देने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है श्री गांधी ने रफाल मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ यह टिप्पणी की थी सीवान जिले की एक अदालत ने एक चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोपी जियाउद्दीन को दोषी ठहराते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनायी है अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला ने आरोपी पर बत्तीस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है जुर्माने की राशि पीड़िता के परिजनों को देने का आदेश दिया गया है यह घटना पच्चीस अगस्त दो हजार अठारह की है इधर इसी जिले की एक अदालत ने हत्या के चार साल पुराने एक मामले में ग्यारह दोषियों को आजीवन कारावास और हरेक को एक लाख इकतीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के विधान सभा क्षेत्रों को मिलाकर गठित वैशाली की संसदीय सीट पर बाईस उम्मीदवारों के उतर जाने से मुकाबला रोचक होने के आसार हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट साउंड बाईट वैशाली संसदीय क्षेत्र में मुख्य चुनावी टक्कर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच होने के आसार हैं महागठबंधन से राजद की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह छठी बार संसद सदस्य बनने के लिए जी तोड कोशिश कर रहे हैं उनके सामने पूर्व विधायक और लोजपा की वीणा देवी मुकाबले में है जो लोक सभा का चुनाव पहली बार लड रही हैं सामाजिक समीकरण और अपने गठबंधन की ताकत के आधार पर दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं बहरहाल हार जीत का फैसला जो भी आये सारे समीकरणों की चाबी मतदाताओं के पास है जिन्हे लूभाने के लिए नेता और स्टार प्रचारक भीषण गरमी में पसीना बहा रहे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से के कौशिक अरवल जिले के मेहदिया थाना क्षेत्र स्थित बलिगाद कब्रिस्तान के पास सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गयी वहीं सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र अंतर्गत हकाम गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक युवती की मौत हो गयी पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है हवा में नमी की मात्रा लगभग दस प्रतिशत के आसपास बनी हुई है जिस कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चार दिनों तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा ग्यारह मई तक पटना गया राजगीर औरंगाबाद मुजफ्फरपुर और नालंदा लू की चपेट में रहेगा दक्षिण बिहार में ध्रल भरी गर्म पछ्आ हवा चलेगी वहीं उत्तर और पूर्वी बिहार में भी तापमान चालीस डिग्री के आसपास बना रहेगा आज गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान चौवालीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पटना का अधिकतम तापमान बयालीस दशमलव छह भागलपुर का उनतालीस दशमलव आठ और पूर्णिया का पैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पटना स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार बारह मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है इससे लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है भीषण गर्मी को देखते हुए सारण के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा पांच तक की पढ़ाई अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है वहीं पांचवीं से ऊपर की कक्षाएं दिन के साढ़े दस बजे तक ही चलेंगी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी केपी रमैया ने आज पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया श्री रमैया बिहार महादलित विकास मिशन घोटाले के आरोपी हैं बाद में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी सीवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक सहायक अवर निरीक्षक अवधेश कुमार चौधरी की हत्या कर दी मृतक बक्सर जिले के डुमराव थाना में पदस्थापित थे और इन दिनों छुट्टी पर घर आये हुये थे पुलिस मामले की छानबीन कर रही है

आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज

और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी